कल दिन भर चले मंथन के बाद कार्यसमिति ने किया फैसला

कांग्रेस कार्यसमिति की कल रात नई दिल्ली में हुई बैठक में श्रीमती गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव समेत क्ल तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी कई राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष सांसदों समेत अन्य नेताओं ने त्याग पत्र पर पुनर्विचार करने से इंकार के बावजूद राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का समर्थन किया

इससे अगले तीन साल में प्रति वर्ष प्रति एकड़ किसानों को एक से डेढ़ लाख रुपए की आय का अनुमान है मुख्यमंत्री कमल नाथ के साथ कल मंत्रालय में निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयानिकी फसलों को बढ़ावा देकर हम किसानों की आय को दोगुना कर पाएंगे इसके लिए जरूरी है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जहाँ पर उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है राज्य सरकार के सहयोग से कोका कोला और जैन इरीगेशन कंपनी हरदा होशंगाबाद बैतूल मंडला डिंडौरी जिले में आम और आगर मालवा शाजापुर एवं छिंदवाड़ा जिले में संतरे की खेती को प्रोत्साहित करेगी

इनमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम बैंड प्रस्तृतियाँ और कवि सम्मेलन शामिल हैं

खास बात यह भी है कि राज्यपाल लालजी टंडन का प्रदेश में यह पहला स्वतंत्रता दिवस है और इसी दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जायेगा इस मौके पर आम नागरिकों के लिए राजभवन खुला रहेगा इस दौरान नागरिक राजभवन की भव्य विद्युत सज्जा और स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित प्रदर्शनी देख सकेंगे

नई दिल्ली में ओडिसा पत्रकारिता पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सूर्यप्रकाश ने कहा कि संसद ने प्रसार भारती को भारत की विविधता और धरोहर को सहेजने की जिम्मेदारी दी है उन्होंने बताया कि निजी चैनल केवल मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं

ये सभी झाबुआ जिले के रहने वाले हैं और मजदूरी करने के लिए गुजरात गए थे मृतक थांदला क्षेत्र के नवागांव टिमरवानी और बेड़ाव गांव के हैं

बताया गया है कि ये लोग मोरवी में झोपड़ीनुमा घर बनाकर रह रहे थे मरने वालो में पांच महिला दो पुरुष और एक बच्ची शामिल है

इस दौरान उन्होंने प्रभावितों के लिये राहत शिविरों भोजन और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया श्री राजपूत ने कहा कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल समुचित राहत पहँचाई जा रही है उन्होंने ग्राम बाजखेड़ी में स्थानीय तालाब के फूटने से ग्राम चांगली एवं मोहम्मदपुरा में पानी भर जाने से प्रभावित परिवारों को दी गई राहत की जानकारी भी प्राप्त की श्री राजपूत ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर बचाव और राहत दलों का गठन किया गया है

समय पर राहतकर्मी एवं बचाव दल द्वारा एक्शन लेने से क्षति काफी कम हुई है

उधर अनूपपुर जिले के बसनिया डेम में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई

इससे पहले गुयाना में गुरुवार को खेला गया पहला वनडे बारिश की वजह से रद्द हो गया था

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है अच्छी खबर के पॉचवे अंक में आज बात भोपाल की जहां मस्जिदों में दीन के साथ स्वच्छता की तालीम दी जा रही है